मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा देश में स्वत्रंत और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना आयोग का है संवैधानिक उत्तरदायित्व सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा भारतीय सैन्य बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से है सक्षम और तैयार लोकसभा चुनाव के मददेनजर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा चुनाव तैयारियों के साथ साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे मैं भी चौकीदार हूँ की शपथ लें एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्र की सेवा में दृढ़ता से खड़े हैं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार गंदगी और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाला तथा भारत की प्रगति के लिए काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चौकीदार है श्री मोदी का ट्वीट स्पष्ट रूप से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचनाओं का करारा जवाब है श्री मोदी ने अपने ट्वीटर हैंडिल पर एक संक्षिप्त वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें लोगों से अपील की गयी है कि वे इस महीने की इक्कतीस तारीख को मैं भी चौकीदार नाम के अभियान का हिस्सा बनें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले सत्तावन प्रमुख व्यक्तियों को पदम पुरस्कारों से सम्मानित किया जिन व्यक्तियों को पदम पुरस्कार दिये गये हैं उनमें लोक गायिका तीजन बाई और प्रसिद्व उद्यमी अनिल कुमार मणिमाई नाइक को पदम विभूषण से नवाजा गया है जबकि पर्वतारोही बष्ठेन्द्री पाल स्वतंत्रता सेनानी दर्शन लाल जैन उद्यमी धर्मपाल गुलाटी वैज्ञानिक नंबी नारायण और पूर्व प्रशासक वीके शुंगलू को पदम भूषण से अलंकृत किया गया है इसके अलावा जिन लोगों को पद्म श्री प्रदान किया गया है उनमें क्रिकेटर गौतम गम्मीर बास्केटबाल खिलाड़ी प्रशांति सिंह फृटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री प्रगतिशील किसान कमला पुजारी पर्यावरणविद साल्लुमरदा थिमक्का और अमिनेता मनोज बाजपेयी शामिल हैं इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पद्म पुरस्कार पाने वालों से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं आप लोगों ने अपने काम के माध्यम से इस देश के गौरव को बढ़ाया है

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है श्री अरोड़ा ने नई दिल्ली में पारदर्शी चुनाव और धन बल का द्रूपयोग रोकने पर विचार विमर्श के लिए बैठक की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मतदाताओं को पैसों का लालच देने और धन बल के दुरूपयोग के मदेनज़र निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग इस दुराई पर काबू पाने के लिए वचनबद्व है आयोग ने राज़नीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नज़र रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा है कि उसके पास एनडीए सरकार के खिलाफ कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है फेसब्क पर एक पोस्ट में श्री जेटली ने आरोप लगाया कि वास्तविक मुद्दों के अभाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी न केवल अपनी पार्टी का बल्कि समूचे विपक्ष का नेतृत्व निराधार और मनगढ़ंत मुद्दों के जरिए कर रहे हैं भारत जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के लिए प्रयास जारी रखेगा इस मामले में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पन्द्रह में से चौदह सदस्यों का समर्थन हासिल है विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है भारत को विश्वास है कि अंततः मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया जायेगा सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सैन्य बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है उन्होंने कहा कि सैन्य बल हमेशा राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश और देश की जरूरतों के अनुसार काम करते हैं जनरल रावत कल लखनऊ में सैन्य चिकित्सा अभ्यास मेडेक्स दो हजार उन्नीस के समापन समारोह में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा सेनाएं जो कार्रवाई करती हैं

हम अपना टास्क करते रहेंगे माहौल देखकर अगर माहौल बिगडता रहेगा तो हम ये कार्रवाई करते रहेंगें छः दिनों तक जारी रहे इस मेगा प्रशिक्षण अभ्यास में आसियान और असियान प्लस के भारत आस्ट्रेलिया इण्डोनेशिया जापान म्यांमार रूस सिंगापूर दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र सहित अठगरह देशों के ढाई सौ मेडिकल और पैरामेडिकल लड़ाकों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया इस अभ्यास की अध्यक्षता भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से की इस अवसर पर मध्य कमान के जनरल आफिसर कमाण्डिंग इन चीफ लेफ्टीनेंट जनरल अभय कृष्णा और लेफ्टीनेंट जनरल मनोमॉय गांगुली समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे लोकसभा चुनाव के मददेनज़र प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में ज़िला प्रशासन मतदाता जागरूकता अभियान और पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक बैठक कर रहा है बरेली में मुख्य विकास अधिकारी सतेन्द्र क्मार ने कल मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कैम्पेन और मतदाता पोस्टर लांच किया मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उददेश्य के लिए बनायी गयी रणनीति के तहत मतदान में पिछड़े पोलिंग दृथ वाले इलाको में अदठारह साल से कम उम्र के किशोरों की बुलावा टीम घर घर जाकर मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए प्रेरित करेगी और नियमानुसार उन्हें मदद भी देगी ज़िले के दो सौ से ज़्यादा कालेजों में जागरूकता गतिविधियां होंगी मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटकों के ज़रिये मतदाताओं को वोट के महत्व के प्रति जागरूक किया जायेगा अमरोहा ज़िले में कल ज़िला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्र ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की इस दौरान ज़िलाधिकारी ने चुनाव आचार संहिता के अनुपालन पर बल देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर नज़र रखे ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पायें उन्होंने बताया कि चुनावी सभा हेतु अनुमति देने के लिए उपजिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है नई दिल्ली में पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी सुची में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के अठठारह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गयी है पार्टी ने प्रदेश की बाराबंकी सुरक्षित सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य सभा सदस्य पीएलपुनिया के पुत्र तनुज पुनिया को प्रत्याशी बनाया है

पार्टी ने बुन्देलखण्ड इलाके की बांदा लोकसभा सीट से श्यामाचरण गुप्ता को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है श्री गुप्ता इस समय इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद हैं प्रदेश के सभी कोषागार और सरकारी काम करने वाले बैंक इस माह की इकतीस तारीख़ को भी खुले रहेंगे वित्त विभाग ने इस बारे में जिलाधिकारियों और मुख्य कोषाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है सरकारी आदेश में कहा गया है कि इकतीस मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन और रविवार होने की वजह से कोषागारों के साथ साथ सभी बैंक शाखायें खोली जायेंगी प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ ने आगरा के फतेहाबाद इलाके में हरियाणा से अवैच रूप से मिथाइल एल्कोहल ला रहे अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है एसटीएफ सूत्रों ने बताया है कि गिरफ़्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में बरामद किया गया मिथाइल एल्कोहल शराब बनाने के काम में लाया जाता है